प्रदेश में अब तक सात हजार दो सौ बान्नवे रोगी स्वस्थ हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड के बाद की स्थितियों को देखते हुए देश अब नियंत्रण आर निर्देश के दौर से निकलकर प्लग और प्ले के दौर में आ गया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कई मोर्चो पर चुनौतियों का सामना कर रहा है आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि आत्म निर्भरता पिछले छह वर्षों के दौरान सरकार की नीतियों के केन्द्र में रही है कोरोना का संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है पूरी दुनिया इससे लड़ रही है कोरोना वारियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है लेकिन इन सबके बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग प्वाइंट भी बनाना है ये टर्निंग प्वाइंट क्या है आत्म निर्भर भारत आयात में कमी लाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सुधारों के जरिए देश में उत्पादन को बढावा दिया गया है बाइट आत्मनिर्भर अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करें हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है वो भारत में ही कैसे बने भविष्य में उन्हीं प्रोडक्ट का भारत एक्स पोर्टर कैसे बने इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है अपने वोकल फॉर लोकल नारे का उल्लख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्र और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने निर्देश दिये कि सभी मंडलायुक्त अपने अपने मंडल के जनपदों में विकास योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा करे उन्होंने आगरा मेरठ अलीगढ़ मुरादाबाद कानपुर नगर फिरोजाबाद गाजियाबाद बुलन्दशहर गौतमबुद्ध नगर और बस्ती जनपदों में स्वस्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये मूख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना संक्रमण जांच की क्षमता पन्द्रह हजार प्रतिदिन प्राप्त कर लेने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें निरन्तर वृद्धि होनी चाहिये उन्होंने कहा कि नॉन कोविड अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकाल के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाये मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडरों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी के विशेष आर्थिक पैकेज से लाभान्वित करने के लिये प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिये

उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने की अपील की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

प्रदेश सरकार ने अगले छह महोने में दस लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिनम लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासियों की वापसी हुई है

उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के तालमेल से यह संभव है

उन्होंने अधिकारियों से कोविड और गैर कोविड अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने को कहा मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित मंत्रियों को विभिन्न चिकित्सा संस्थानों और जिला अस्पतालों से नियमित रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया

मृतक दर दो दशमलव आठ दो प्रतिशत हो गई है

परिषद सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं के माध्यम से लगातार जांच सुविधाओं में वृद्धि कर रही है

प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक राज्य में कुल बारह हजार अट्ठासी कोरोना के मरीजों की पहचान की गई और इस समय चार हजार चार सौ इक्यावन कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है इस महामारी से प्रदेश में अब तक तीन सौ पैंतालीस लोगों की मौत हुई है आज सबसे ज्यादा चौबीस लोगों की मौत हुई मुजफ्फरनगर जिले में जून माह में भी गुड़ बन रहा है

एक रिपोर्टः कोरोना महामारी के बीच जूझती जिंदगी के लिए गुड़ यहां जीवन की धूरी बन गया है एक जनपद एक उत्पाद में शामिल गुड़ का उत्पादन इस बार यहां जून माह में भी हो रहा है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गुड़ का कम उत्पादन होने के कारण गुड़ के केंद्र में एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर ही आ गई है

इस बार गन्ने का रकबा ज्यादा होने के कारण जून के महीने में भी हमें गन्ना मिल रहा है फिलहाल मंडी में भी गुड के भाव अच्छे चल रहे हैं और इस बार मुनाफा भी काफी अच्छा है जब तक हमें गन्ना मिलता रहेगा हम कोल्हू चलाते रहेंगे दि गुड़ खांडसारी मर्चेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मित्तल का कहना हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा गुड मंडियों में अच्छा माल आ रहा है व्यापारियों को फायदा हो रहा है ओर कोल्हू चल रहे है

मगर अभी इस समय माल आ रहा है और अभी भी एक सप्ताह करीब माल मंडी के अन्दर आयेगा